विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू विपक्ष के नेता ने अभिभाषण को महज राजनीतिक दस्तावेज बताया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल ये अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था

मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश में विनियोग विधेयक को पेश किया और चर्चा के बाद इसे पारित किया गया इससे पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अनुप्रक बजट को चर्चा के लिए सदन में रखने पर कहा कि सरकार अनुपूरक बजट का आकार लगातार बढ़ा रही है उन्होंने कहा कि सरकार का वित्त प्रबंधन चरमरा गया है और सरकार में फिजूलखर्ची बढ़ गई है अग्निहोत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट का आकार बढ़ना सही बात नहीं है चर्चा के बाद अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया बाद में इस संबंध में लाए गए विनियोग विधेयक को भी पास किया गया

जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के आज तिसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक राजेश ठाकुर द्वारा खडडों के तटीकरण संबंधी सवाल के जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि पौंग और ब्यास नदी के किनारे की जमीन को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से इसकी सहायक नदियों के तटीकरण को लेकर नए सिरे से डीपीआर तैयार की जाएगी महेंद्र सिंह ने बताया कि पौंग बांध क्षेत्र की तरफ सर्वे कर लिया गया है और सरकार प्रदेश में सभी नदियों खडडों और नालों के चैनलाइजेश्न के लिए नए सीरे से डीपीआर तैयार करेगी

उन्होंने इसके लिए विधायकों से सुझाव मांगे ताकि उपयुक्त पंचायतों में ये योजनाएं प्रायोगिक आधार पर लागू की जा सके

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को महज एक राजनीतिक दस्तावेज करार दिया इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री और जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी नोक झोंक भी हुई अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार को विदेशों से वित्तपोषित होने वाली योजनाओं से एक भी पैसा नहीं मिला है यही हालत जलजीवन मिशन के तहत केंद्र से मिलने वाली धनराशी को लेकर भी है अग्निहोत्री ने ये भी कहा कि अफसरशाही प्रदेश सरकार को गंभीरता से नहीं ले रही है अग्निहोत्री ने आबकारी नीति के तहत प्रदेश में रात दो बजे तक शराब के ठेके और बार खुले रखने पर भी आपत्ति जताई उन्होंने फर्जी डिग्री का मामला भी उठाया और कहा कि शिक्षा मंत्री इस मामले में फर्जी डिग्रियां बेचने वालों को संरक्षण दे रहे हैं

जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं महेंद्र सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का सदन में ही जवाब दिया जाएगा

नड्डा आज सोलन के ठोडो मैदान में प्रदेश भाजपा द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे जगत प्रकाश नड़डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार हिमाचल पहुंचे उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आहवान भी किया नड़डा ने कहा कि भाजपा ही एक मात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें वंशवाद और परिवार वाद नहीं चलता

मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत प्रकाश नड़डा के नेतृत्व में पार्टी निरंतर मजबूती से आगे बढ़ेगी

इस बीच जगत प्रकाश नड़्डा का कुछ देर पहले शिमला के पीटर हॉफ पहुंचने पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गैर सरकारी संगठनों से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में मद्द करने का आह्वान किया है वे आज शिमला में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बंडारू दत्तात्रेय ने नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि इसके लिए समाज में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है राज्यपाल ने नशे के खिलाफ अभियान में सभी से सहयोग की अपील भी की प्रशिक्षण चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर उपमंडल की रूणुह कोठी पंचायत में किसानों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे जागरूक करने के लिए आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान कृषि विशेषज्ञ रामचंद ने किसानों को बिना मिट्टी से सब्जियों की पौध तैयार करने का अभ्यास करवाया

मौसम प्रदेश में कल से मौसम फिर करवट बदलेगा

इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुल्लू लाहौल स्पिति चंबा और किन्नौर ज़िलों के अधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मंडी व सिरमौर ज़िला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों और नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है